लोगों ने गंगा सहित अन्य नदियों में लगायी आस्था की डुबकी प्रदेश में पांच दिसम्बर से चल रही आंगनवाड़ी सेविकाओं की हड़ताल समाप्त हो गयी है कल से आंगनवाड़ी सेविकाएं अपने काम पर लौट आयेंगी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग और हड़ताली आंगनवाड़ी सेविकाओं के प्रतिनिधियों बीच वार्ता के बाद यह फैसला किया गया राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वर्तमान में बढ़े हुये मानदेय के अनुसार सेविकाओं को राज्य भत्ता दिया जायेगा वहीं राज्य भत्ता की राशि पच्चीस प्रतिशत से बढ़ाकर पचास प्रतिशत करने का भी सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को अपना समर्थन देंगे उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन होने से एनडीए पर कोई असर नहीं होगा आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुल सका था जबकि समाजवादी पार्टी मात्र पांच सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी उन्होंने बिहार में महागठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुये कहा कि अभी तक घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाना खुद में सारी कहानी बता देता है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आम लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हाथ मजबूत करने की अपील करते हये कहा है कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है आज बेगूसराय में एक कार्यक्रम में श्री राय ने कहा कि महागठबंधन में शामिल दल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की आलोचना करने हुये श्री राय ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी बाद में समस्तीपुर के पटोरी में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री राय ने अदलपुर बलहा शिउरा घाट पर दो करोड़ इकसठ लाख रूपये की लागत से बनने वाले पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया लोजपा संसदीय दल के नेता चिराग पासवान ने भाजपा से उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की मांग की है आज जमुई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी जनाधार है और एक समय में उनकी पार्टी के सत्रह विधायक थे श्री पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बीस जनवरी को पटना में होगी पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के बारे में गहन विचार विमर्श किया जायेगा गौरतलब है कि एनडीए के घटक दल भाजपा और जदयू के बीच सत्रह सत्रह सीटों पर चुनाव लड़ने का समझौता हुआ है जबकि लोजपा के लिए छह सीटें छोड़ी गयी है उच्चतम न्यायालय ने आज संघ लोक सेवा आयोग के सचिव से व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत होकर अदालत को यह बताने को कहा कि क्या आयोग राज्य सरकारों द्वारा पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार करता है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में गठित एक पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग के सचिव को कल न्यायालय में पेश होने को कहा है उच्चतम न्यायालय बिहार पंजाब और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों की उस याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति और चयन में उनके अपने स्थानीय कानूनों को लागू करने की मांग की है राज्य सरकार ने बक्सर जिले के इटाढ़ी और डुमरांव प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी इससे पूर्व प्रदेश के दो सौ पचहत्तर प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के आनंदप्र गांव में कई पक्षियों के मरने का मामला प्रकाश में आया है बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुये पशुपालन विभाग की टीम ने मृत पक्षियों के नमूने एकत्रित किये मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण मामले के एक आरोपी रमाशंकर सिंह ने आज विशेष पॉक्सो अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया बाद में उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है रमाशंकर सिंह ब्रजेश ठाकुर की स्वयं सेवी संस्था सेवा संकल्प समिति में लेखापाल का काम करता था मकर संक्रांति का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग भागों में श्रद्धालुओं ने विभिन्न नदियों और पवित्र सरोवरों में आस्था की ड्बकी लगायी हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि श्रद्वालुओं ने स्नान के बाद पूजा अर्चना कर गरीबों को दान किया विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक मानव समागम कुम्भ मेला आज प्रयागराज में गंगा यमुना और अद्रश्य सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान के बाद शुरू हो गया विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने पहले डुबकी लगाई हमारे संवाददाता ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि लगाभग दो करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया बाईट दिव्य कुंभ भव्य कुंभ और स्वच्छ कुंभ का साकार रूप आज कुंभ मेले के पहले शाही स्नान के दौरान संगम तट पर साफ नजर आ रहा है मकर संक्रांति के मौके पर आस्था और विश्वास की पवित्र डूबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में लोग रात से ही संगम तट पर पहुंचने लगे थे

प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं वहीं स्वच्छ कुंभ के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं कुंभ मेला शहर के संगम तट से एमएस यादव के साथ शशांक कुमार आकाशवाणी समाचार कुंभ मेला उनचास दिन चलेगा और चार मार्च को महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा पश्चिम चम्पारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत रमपुरवा महनवा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये पुलिस और प्रशासन के वरीय अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं दरभंगा में पिछले दिनों एक निर्माण कम्पनी के मालिक कुशेश शाही की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया गया उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक नौ अपराधियों के नाम सामने आये हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है पटना रेलवे स्टेशन पर आज सौ फीट ऊँचा तिरंगा फहराया गया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने झंडोत्तोलन किया इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्री मोदी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर तिरंगा फहराने से राष्ट्रीय एकता की भावना और मजबूत होगी शेखपुरा जिले की एक अदालत ने छह साल पुराने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास और दस दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है प्रदेश में आज हुये अलग अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गयी कटिहार में तीन और बेगूसराय तथा शेखपुरा में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है बेगूसराय जिले के बरौनी स्थित तेल रिफायनरी का चौवनवां स्थापना दिवस आज समारोह पूर्वक मनाया गया समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव के पास से पुलिस ने पांच सौ उन्तालीस कार्टन विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र में पूलिस वर्दी में आये डकैतों ने एक घर में डाका डालकर लगभग पांच लाख रूपये मूल्य की सम्पत्ति लूट ली पटना जिले के सालिमपुर थाना क्षेत्र में तीन दिन पूर्व एक किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है

लोगों ने गंगा सहित अन्य नदियों में लगायी आस्था की ड्बकी